प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायाधीश एस ए बोबडे न्यायाधीश अशोक भूषण न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड और न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की पीठ ये फैसला सुनायेगी फैसले के मद्देनजर समाज के अलग अलग वर्गो से सदभाव और शांति की अपील की जा रही है इस बीच अयोध्या में पैरामिलट्री फोर्स पीएससी और रेपिड एक्शन फोर्स के साथ सिविल फोर्स भी लगाई गई है

इसी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी

फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगो से अपील करते हुए कहा है कि न्यायालय के निर्णय के बाद भी हम सबको मिलकर सौहार्द बनाये रखना है राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश दिल्ली कर्नाटक और मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आज आने वाले फैसले को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये है

सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले संदेशों पर पुलिस विभाग की साईबर सेल की कडी नजर है प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सामाजिक सोहार्द बनाये रखने की अपील की है

इस समारोह से पहले श्री मोदी सुलतानपुर लोधी में बेर साहिब गुरूद्वारा में मत्था टेकेंगे

उन्होंने कहा कि प्रायोगिक आधार पर फिलहाल इस प्रकार के करीब आठ सौ गांव कार्यरत हैं उन्होंने कल नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत में यह बात कही श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल ग्राम की स्थापना का उद्देश्य लोगों को डिजिटल के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना है